राज्यसभा चूनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से दो सीटो के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की

नई दिल्ली में आज मीडिया से ये जानकारी सांझा करते हये स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार स्थिति पर नज़र रख रहे है

एक टिवीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्थिति के बारे में पूरी तरह सर्तक है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोई भी केन्द्रीय मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा साथ ही उन्होंने देशवासियों से गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील भी की प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाकर इस वायरस को फैलने से रोक सकते है उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों और राज्यों दवारा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किये जा रहे है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन उपायों मे वीज़ा रद्द करना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना शामिल है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार दवारा उठाये गये विभिन्न कदमों के बारे में लोकसभा को अवगत करवाया

किसी रोग को तब महामारी घोषित किया जाता है जब वो अलग अलग माहद्वीपों में फैल जाता है

लोकसभा ने यह विधेयक पहले ही पारित कर दिया था चर्चा के जवाब देते हये वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि मौजूदा सरकार बदलते समय के साथ अपने वादों को प्रा करने के लिए उतरदायी और प्रतिबदव है

सूक्षम लघ् और मझौले उदयमों का उल्लेख करते हये उन्होंने कहा कि बैंको से सम्बधित पक्षों का बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया है

हरियाणा प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने आज चंडीगढ़ बताया कि इन सभी वाहनों को पुलिस नियंत्रण कक्ष डयुटी के लिए विभिन्न जिलों में फील्ड इकाइयों को प्रदान किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्लिस बल के लिए आध्निकीकरण के तहत नए वाहनों के आने से प्रदेश भर में अपराध नियंत्रण के अतिरिक्त कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी पुलिस महानिदेशक ने पुलिस बल के लिए नए वाहन खरीदने की मंजूरी प्रदान करने पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे न केवल प्लिस बल में वाहनों की आवश्यकता प्री होगी बल्कि पीड़ितों को जल्दी और प्रभावी ढंग से पुलिस सहायता प्रदान करवाने में भी मदद मिल सकेगी और पुलिस बल के समग्र प्रदर्शन पर भी इसका सकारात्मक असर होगा

पकड़ा गया आरोपी सुग्रीव सिंह फतेहाबाद के गांव लालवास का रहने वाला है प्लिस के अन्सार स्ग्रीव सिंह दिल्ली से हेरोइन लेकर आया था और अपने गांव की ओर जा रहा था कि ग्प्त सूचना के आधार पर उसे काबू कर लिया गया

राज्यसभा च्नाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से दो सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है प्रदेश में दो सीटों पर आम च्नाव और एक सीट के लिए उपच्नाव होना है बी जे पी जे जे पी गठबंधन तीन सीटों पर च्नाव लड़ रहा है हमारे संवाददाता अश्विनी क्मार शर्मा ने बताया है कि पार्टी ने हरियाणा से बी जी पी नेता व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वष्यंत क्मार गौतम और हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रह च्के रामचंद्र जांगड़ा को उम्मीदवार बनाया है रामचंद्र जांगड़ा मूल रूप से रोहतक जिले के महम के रहने वाले हैं जांगड़ा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हड्डा और कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले गोहाना से विधानसभा चनाव लड़ चुके हैं वहीं दृष्यंत कमार गौतम भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए गए देशव्यापी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के सह संयोजक भी है गौतम दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे हैं वह तीन बार पार्टी के अन्सूचित मोर्चा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे हैं

यह अधिनियम त्रंत प्रभाव से लागू हो गया है और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा

ऐसा इस संबंध में किसी भी अफवाह या अनौपचारिक जानकारी के प्रसार से बचने के लिए किया गया है यदि कोई व्यक्ति संस्था या संगठन ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो इसे इन नियमों के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा

ऐसे सभी नमने भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एकत्र किए जाएंगे और इन्हें स्वास्थ्य विभाग हरियाणा दवारा नियुक्त जिला नोडल अधिकारी दवारा नामित प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा केन्द्र सरकार दवारा अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंम्बित विवादित बकाया करों को कम करने समय पर राजस्व एकत्रित करने और सरकार व करदाताओं का समय ऊर्जा और संसाध्न बचाने के के लिए श्रू की गई विवाद से विश्वास योजना के तहत चंडीगढ़ में आयकर भवन के भूतलत स्थित आयकर सेवा केन्द्र में एक हेल्प डेस्क् श्रू किया गया

कुछ दिन पहले अदालत ने शिवांग को दोषी करार दिया था अदालत ने शिवांग के पिता को बरी कर दिया था